भाजपा कल भी प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विजय संकल्प सभाओं का आयोजन करेगी

लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिये नामांकन पत्र भरने का आज आखिरी दिन है

भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने नौ और उम्मीदवारों की सूची जारी की

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल प्रदेश के चुनावी दौरे पर आ रहे है उनका सुरतगढ और बूंदी में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है

रामलीला मैदान में होने वाले शक्ति कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिये कल उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित प्रदेश के कई मंत्री पहुंचे इधर बूंदी और सूरतगढ की तैयारियों को लेकर भी पदाधिकारियों से फीडबैक लिया गया भारतीय जनता पार्टी ने कल विजय संकल्प सभाओं के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव के लिये प्रचार अभियान की शुरूआत की इस दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर चुनावी सभाएं हुई जिन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया

जयपुर के दूदू में वरिष्ठ नेता प्रकाश जावडेकर राजसमंद में विजय गोयल और बीकानेर के नोखा में कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड ने जनसभाओं को संबोधित किया कल भी विजय संकल्प सभाओं का आयोजन किया जायेगा

श्री पायलट ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार र्न ढाई महीने में ही जनता से किये वादों को पूरा किया है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार रोजगार और किसानों के मुददो से लोगों का ध्यान हटाकर जीवन्त मुद्दों पर पर्दा डाल रही है श्री पायलट ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन की जीत निश्चित है और गठबंधन निरंतर मजबूत हो रहा है निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एक्जिट पोल का प्रसारण लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान सम्पन्न होने से पहले नहीं किया जा सकता

आयोग ने कहा है कि यह नियम सभी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी लागू होगा लोकसभा चुनाव के मददेनजर प्रदेशभर में स्वीप कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है

बाडमेर जिले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सिवाना विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने सिवाना के विधायक और लाखेटा गैर मेला समिति के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है

बाडमेर में ही चुनाव प्रशिक्षण संबंधित आदेश को नहीं मानने पर एक तृतीय श्रेणी अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है

जूसरी गांव के आईटी केन्द्र में रखी उनकी पार्थिव देह पर ग्रामीणों ने आज श्रद्दाजंलि अर्पित की सेना के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सहित आस पास के गांव के लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिये जूसरी गांव पहुंच रहे है इससे पहले कल उनकी पार्थिव देह सेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची

इसके बाद शहीद की पार्थिव देह को उनके पैतक गांव के लिये रवाना किया गया रक्षा प्रवक्ता ने आकाशवाणी को बताया कि शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने बड़ी संख्या में मोर्टार दागे जिसका भारतीय सैनिकों ने भी करारा जवाब दिया

राजस्थान रॉयल्स के खिलाडी पिछले चार दिन से यहां कड़ा अभ्यास कर रहे है किंग्स इलेवन पजांब की टीम ने भी जयपुर पहुंचकर कल खेल का अभ्यास किया